उन्होंने कहा कि स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ राष्ट्र का आधार होता है कानपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कल्याण और अधिकारिता सम्मेलन में श्री कोविंद ने कहा कि समाज में कई पाबंदियों के बावजुद लड़कों की तुलना में लड़कियां अपने संकल्प और कौशल की बदौलत कई क्षेत्रों में बेहतर कर रही हैं राष्ट्रपति ने कहा कि यह स्वागत र्योग्य है और इर्स प्रोत्साहित किया जाना चाहिए श्री कोविंद ने कहा कि बेटियों को अपनी क्षमता के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए अगर प्रोत्साहित किया जाए तोवे नई ऊंचाईयां छू सकती हैं श्री कोविंद ने कहा कि आय्ष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से दस करोड़ से ज्यादा परिवारों और पचास करोड़ से ज्यादा नागरिकों को बीमा लाभ मिलेगा

हयारे बहुत से देरावासियों को सरकार द्वारा या आपकी संस्थाजैसी अनेक संस्थाओं द्वारा उनके लाभ के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारीही नही होती है इसलिए ये हम सबकी हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे तपकों तक उनके लाभ और कल्याण के लिए चलाएजा रहे कार्यसमूह की ठीक ठीक जानकारी पहुंचे श्री कोविंद ने कहा कि स्वच्छ भारत योजना के तहत साढ़े आठ लाख शौचालय बनाये गये हैं और देश के पांच लाख गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है श्री कोविंद ने चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रतिभा विकास परिषद की संगोष्ठी में कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए मूल्यपरक शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से दुनिया को प्रेम और संस्कृति का संदेश दिया है राष्ट्रपति अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ पहंचे वहां उन्होंने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का औपचारिक उदघाटन किया भारत और रूस ने हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की है और निर्णायक तथा सामूहिक तरीके से बिना किसी दोहरे मानदंड के आतंकवाद के खात्मे की जरूरत दोहराई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिर्मीर पुतिन के बीच कल नई दिल्ली में बार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्ष आतंकी नेटवर्क उनके वित्तीय पोषण के च्रोतों को समाप्त करने और आतंकी विचारधारा दृष्प्रचार तथा भर्ती पर काबू पाने के लिए मिलकर प्रयास करने पर सहमत हुए हैं भारत और रूस ने राष्ट्रीय शांति सुलह सफाई प्रक्रिया को निर्णायक बनाने में वहां की सरकार का समर्थन किया वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि चालू खाता घाटे को कम करने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ और उपाय किये जा रहे हैं श्री जेटली ने आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन में कहा कि अगले दस से बीस वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्वि के अपार अवसर हॉगे उन्होंने कहा कि अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रायें डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ रही हैं और ऐसा दुनिया भर में हो रहा है श्री जेटली ने कहा कि यह निश्चित है कि भारत मौजूदा वृद्वि दर को अगले एक या दो दशक तक बनाये रखने में सक्षम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने राज्यों से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों की पहचान के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत करने की सलाह दी है एजेंसी ने अधिकारियों से सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना के डेटा से ऐसे लोगों के नाम हटाने की पहल करने को कहा है जो इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं एजेंसी ने कहा है कि इस डेटा से ऐसे लोगों के नाम भी हटाये जाएंगे जिनकी आय दस हजार रूपये प्रति माह से अधिक हैं और वे आयकर भर रहे हैं तथा जिनके पास तीन या अधिक कमरों का पक्का मकान रेफ्रिजरेटर और बेस फोन हैं प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा कम लागत में अधिक उत्पादन की जानकारी देने के लिये छब्बीस अक्टूबर से लखनऊ में तीन दिवसीय कृषि कुम्भ का आयोजन किया जाएगा प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज संवाददाताओं को बताया कि इस कुम्भ के माध्यम से किसानों कृषि वैज्ञानिकों कृषि विशेषज्ञों कृषि से सम्बन्धित कार्य करने वाली कम्पनियों नीति निर्धारकों सहित कृषि के अन्य सभी अवयवों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के समी जिलों के किसानों की सहमागिता सुनिश्चित की जाएगी तथा प्रयास किया जाएगा कि इस क्म्भ में कम से कम एक लाख किसान भाग लें